इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

कोरोना वेबसाइट म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिये सभी माकुल व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं इन व्यवस्थाओं की जानकारी आमजन तक पहँचाने के लिये विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है

यह जानकारी क्यूआर कोड को स्केन कर भी प्राप्त की जा सकती है

आक्सीजन एम्ब्लेंस राज्य शासन ने कोरोना बीमारी के रोगियों को समय पर उपचार के लिये अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की आसान उपलब्धता के लिये राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है अधिसूचना में यह घोषणा की गई है कि ऐसी आपदा के दौरान अधिसूचना दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये चिकित्सा प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले अन्मति प्राप्त वाहनों को केवल ऑक्सीजन ले जाने के लिये एम्ब्लेंस के समकक्ष माना जायेगा

प्रदेश के प्रमुख शहरों में लॉककडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद भी कोरोना की रफ्तार बनी हुई है

पन्ना जिले के व्यापारियों और नागरिकों ने कल कलेक्टर को जापन देकर शाहनगर में कोरोना कर्फ्य् लगाने की मांग की है

झाबुआ में हाट बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं

नव वर्ष देश के साथ प्रदेश भर में भी आज पांरपरिक नववर्ष उगादी गुडी पडवा चैत्र शुक्लादि चेटी चंद विश् प्त्तांड और बोहाग बिह के रूप में मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं

भोपाल शहर क़ाज़ी सय्यद म्श्ताक अली ने ऐलान किया कि आज तरावीह होगी और बुधवार को पहला रोज़ा होगा

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार